कहा क्षेत्र के लोगों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री ने चित्रकूट से दस हजार कृषि उत्पादक संगठनों की भी शुरूआत की किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहरायी उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा बोर्ड परीक्षाओं में नकल में संलिप्त पाए जाने विद्यालयों के खिलाफ की जा रही है कठोर कार्रवाई सोनभद्र में खदान धंसने से दो मजदूरों की मौत तीन अन्य की खोज जारी प्रदेश में कई स्थानों पर कल रात से हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल योजना की भी शुरूआत की उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के लोगों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोग्नी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाए श्रू की है चित्रकूट में दस हजार कृषि उत्पादक संगठनों की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक ब्लाक में यह संगठन होना चाहिए इससे किसानों को फसल का बेहतर बाजार मूल्य मिल सकेगा उन्होंने कहा कि सरकार देश के सौ पिछड़े और जनजातीय जिलों में इन संगठनों को पहले स्थापित करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को देश के किसानों से जोड़ा है ताकी किसानों की आय बढ़ सके उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करते समय कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी लेकिन अब एक साल बाद उत्तर प्रदेश के दो करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है और बारह हजार करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से जारी किए जाने वाला एक एक पैसा लाभार्थियों को मिल रहा है बीते दशकों में वो दिन भी देखें हैं जब बुन्देलखण्ड के नाम पर किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज घोषित होते थे लेकिन किसान को उसका लाम नहीं मिलता था

अब दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराएगा श्री मोदी ने कहा कि किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए देश में पहली बार किसान रेल चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा आने वाले वर्षों में ग्रामीण हॉट एक नए विपणन केंद्र के रूप में विकसित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौराणिक स्थल चित्रकूट में तीर्थ स्थलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में रामघाट जानकीकृंड भरतकूप गुप्तगोदावरी लक्मण पहाड़ी हनुमान धारा जैसे चित्रकूट के कई स्थलों की विस्तार से जानकारी दी गई थी प्रधानमंत्री ने सभी स्थलों को देखा और उनकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानकारी ली

उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने से इस क्षेत्र में विकास को नई ऊँचाईया मिलेंगी उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के युवकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे चित्रकूट में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के बनने के साथ ही जहां डिफेंस कॉरिबोर और यहां पर बनने वाली तोप देश के दुस्मनों की छाती पर मूंग दलने का तो काम करेगी ही यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी साथ साथ यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगी प्रदेश सरकार द्वारा बनाये जाने वाला यह एक्सप्रेस वे चित्रकूट बांदा हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर गुजरेगा इसके अलावा यह एक्सप्रेस वे समूचे बुन्देलखंड इलाके को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते से भी जोड़ेगा इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सत्ताईस हजार सहायक उपकरण वितरित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिव्यांगों वरिष्ठजनों निर्धनों और वंचितों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं और उनके जीवन को आसान और आरामदेह बनाने के लिये कई काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के कौशल को निखारने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशील नहीं थी लोगों को अपना काम कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन यह भी व्यर्थ होता था उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में दिव्यांगों के लिए नौ हजार शिविर आयोजित किए गए हैं और नौ सौ करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत सभी हवाई अड्डों सात सौ रेलगाड़ियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज संस्थान भी बनाया गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नकलविहीन बोर्ड परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्व है और इस दिशा में सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं श्री शर्मा कल बस्ती गोण्डा और बलरामपुर जिलों में कई विद्यालयों में परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल कराने के मामले में अब तक एक सौ अड़तालिस नकल माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है तथा उन्तीस परीक्षा केंद्रों को डिबार किया गया है श्री शर्मा ने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रदेश में एक लाख अट्ठासी हजार कक्ष निरीक्षकों को तैनात किया गया है और करीब दो लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और राम मंदिर निर्माण से संबंधित ट्रस्ट के गठन के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की रूपरेखा आकार लेने लगी है

इसके बाद श्री मिश्र ने राम मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ट्रस्ट के सदस्यों सहित अन्य ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत की इस दौरान ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण को चरणबद्व तरीके से पूरा करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श जारी है सोनभद्र में खदान धंसने से हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य के अभी मलबे में दबे होने की आशंका है पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटना जनपद के ओबरा क्षेत्र में शारदा मंदिर के पास शुक्रवार शाम को हई उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ का दल बचाव कार्य में जुटा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश से कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए समाज के सभी वर्गों से आगे आने का आहवान किया है कल राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना सुपोषित मां अभियान का उद्देश्य है इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में पोषण अभियान के तहत पहली बार इतना बडा अभियान चलाया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को वायरल फटने से चार श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी प्रदेश में कई स्थानों पर कल रात से रूक रूक कर वर्षा होने से तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ मेरठ अमरोहा पीलीभीत मुरादाबाद संभल बदायूं और आसपास के इलाकों में कल शाम से मौसम अचानक बदला और गरज चमक के साथ वर्षा शुरू हो गयी मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी मथुरा हमीरपुर कानपुर कौशाम्बी समेत कई स्थानों पर आज हल्की से तेज वर्षा का अनुमान जताया है